अधिकारियों ने बताया कि बस सीधी से सतना जा रही थी

घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है प्लिस के म्ताबिक नहर के किनारे रास्ता काफी संकरा है इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया

इस अभियान के अन्तर्गत पात्र बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण होगा भोपाल के म्ख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मिशन इंद्रधन्ष का प्रम्ख लक्ष्य पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सम्पूर्ण टीकाकरण कराना है यह मिशन टीकाकरण के काम में तेज़ी लाने और देश के सभी बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण करने के लिए श्रू किया जा रहा है मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है प्रदेश के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है जिसके चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है नरसिंहप्ररायसेन और उमरिया सहित राज्य के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी

भारत के लिए अक्षर पटेल ने पांच विकेट और रविचन्द्रन अश्विन ने तीन विकेट हासिल किए इसके साथ ही यह श्रंखला एक एक की बराबरी पर आ गई